कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें गैरसैंण दिशा निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किया जाएगा उन्होंने चमोली के जिलाधिकारी को इसके लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं

साथ ही चाय बागानों से उत्पादित हरी पतियों के न्यूनतम विक्रय मूल्य को निर्धारित करने के लिए एक समिति भी गठित की जाए यह समिति प्रत्येक वर्ष हेत् न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करेगी उन्होंने कहा कि टी गार्डन विकसित करने में चाय विशेषज्ञ जरूर रखा जाए बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि चाय विकास बोर्ड द्वारा टी गार्डन विकसित कर काश्तकारों को सौंप दिया जाए उन्होंने इसके लिए अगले एक महीने में व्यावहारिक मॉडल तैयार करते हए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इस मॉडल को तैयार करने में काश्तकारों के सुझावों को भी शामिल किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि टी गार्डन विकसित कर काश्तकारों को दिए जाने के बाद उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता भी उपलब्ध करायी जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो निजी चाय फैक्ट्रियां किसी भी कारण से बंद हैं उन्हें चलाने के लिए प्रयास किए जाएं इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उन्हें आजीविका का साधन मिलेगा उन्होंने कहा कि राज्य में टी गार्डन पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उन्होंने जिलाधिकारियों को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टी टूरिज्म पर भी फोकस करने के निर्देश दिए गन्ना किसान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी है

सब्सिडी का यह पैसा गन्ना किसानों के खातों में जमा होगा सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इसका लाभ पांच करोड़ किसानों और पांच लाख श्रमिकों को मिलेगा मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने छह राज्यों के लिए पूर्वोतर क्षेत्र विद्य्त प्रणाली स्धार परियोजना के संशोधित लागत अन्मान को भी मंजूरी दे दी है श्री जावडेकर ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उददेश्य पूर्वोतर क्षेत्र के कुल आर्थिक विकास और क्षेत्र के राज्यों में पारेषण और वितरण ढांचे को मजबूत बनाना है

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीफ की फसलों की खरीदारी की जा रही है

राष्ट्रीय विदयार्थी स्टाटअप सम्मेलन को वर्च्अल माध्यम से संबोधित करते हए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देशवासी हमेशा नवाचारों का हिस्सा रहे हैं और अब इन नवाचारों को अपनाने का समय है उन्होंने कहा कि नवाचारों के बिना विकास संभव नहीं है उन्होंने बच्चो में शुरू से ही नवाचारों की सोच विकसित करने पर बल दिया केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार आने के साथ ही बच्चों में नवाचार की सोच विकसित करने के लिए विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की श्रूआत की गई उन्होंने कहा कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं से काफी सफलता मिली है गोल्डन कार्ड शिविर नई दिल्ली स्थित स्थानिक आय्क्त एकीकृत भवन में उत्तराखण्ड अटल आय्ष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाये जाने के लिये शिविर लगाया गया है इस शिविर में राजकीय कार्मिकपेंशनर्स और उनके आश्रितों का गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है अपर स्थानिक आय्क्त इला गिरी ने बताया कि योजना के तहत गोल्डन कार्डधारकों के लिये बहत ही लाभकारी योजना है उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हये शिविर में आने वाले लोगों के लिए मास्क और शारीरिक दूरी का अन्पालन करना जरूरी हैं मख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमुर्ति राघवेन्द्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायधीश निय्क्त करने की संस्तृति की है उतराखण्ड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांश धुलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायधीश निय्क्त किया गया है न्यायमूर्ति सुधांश् धूलिया को ग्वाहाटी हाईकोर्ट का म्ख्य न्यायधीश बनाये जाने से उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकरियों में ख्शी का माहौल है वे राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के पहले मुख्य स्थायी अधिवक्ता बने

आर एल डी ए के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश इडेजा ने परियोजना के विकास के सम्बन्ध में म्ख्यमंत्री को अवगत कराया इस योजना में देहरादून स्टेशन में प्रवेशनिकास के लिए वर्तमान यातायात समस्याओं को दूर किया जाएगा

यह उत्तराखंड राज्य में अपनी तरह का पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होगा मौसम प्रदेश में आज तापमान गिरने के साथ ही ठंड बढ़ गई है दिनभर ठंडी हवाएं चलती रही सुबह देहरादून समेत राज्य के क्छ हिस्सों में कोहरा छाया रहा मौसम विभाग के मुताबिक आगे भी इसी तरह शीतलहर चलती रहेगी राज्य में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना है अगले क्छ दिनों तक हरिद्वार और उधमिसंह नगर समेत मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है इससे ड्राइविंग कर रहे लोगों को म्श्किल हो सकती है मौसम विभाग ने ब्ज्र्गों बच्चों गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है शताब्दी वर्ष कार्यक्रम भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की श्रंखला का आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में शुभारंभ किया

इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा के कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया

यह प्रचार रथ जिले के सभी विकासखण्डों और कस्बों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करेगा

प्रचार रथ में पोस्टर बैनर के अलावा दो बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित जागरूकता वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से और स्थानीय भाषा में बनाए गए गीत के जरिए जनसामान्य को जागरूक किया जाएगा वैक्सीन तैयारियां कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण को लेकर बागेश्वर में स्वास्थ्य महकमा अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है विभाग दवारा कोल्ड चेन स्टोरेज प्वाइंट जैसे बंदोबस्त किए जा रहे हैं मुख्य चिकित्साधिकारी बीबी जोशी ने बताया कि सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को और कोरोना वारियर्स को वैक्सीन दी जाएगी डॉक्टर नर्स और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य कर्मचारी इसमें शामिल होंगे इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स यानि पुलिस सेना और अर्धसैनिक बल से जुड़े लोगों को वैक्सीन दी जाएगी बैजनाथ झील बागेश्वर जिले में ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर के मार्ग में स्थित बैजनाथ झील देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षक का केंद्र बनने जा रही है इस झील को साहसिक पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है जल्द ही यहां आने वाले सैलानी बैजनाथ झील में पैडल वोट के साथ ही वॉटर बाल का भी लूत्फ उठा सकेंगे गरुड़ स्थित बैजनाथ में कत्यूरी शासन में बने मंदिर के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं यह स्थान कत्यूरी राजाओं की राजधानी रही है यहां ऐतिहासिक शिव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है यहां पर झील का निर्माण होने पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है इस पर अब पर्यटकों के लिए यहां सुविधाओं का विस्तार कर सौंदर्यीकरण पर जोर दिया जा रहा है लोगों का मानना है कि इस झील में स्विधाएं होने पर पर्यटन यहां की आय का प्रमुख साधन बन सकता है

इसके बाद रिवर ट्रेनिंग संबंधित कार्य हुए और झील में फ्लोटिग ब्रिज भी बनाया गया पर्यटकों के लिए यहां पर गेस्ट हाउस भी बनाए गए हैं